जहानाबाद गया और सहरसा में लॉकडाउन के फैसले के बाद बाईस जिलों में पूर्णबंदी की घोषणा की गयी

पश्चिम चम्पारण के चनपटिया में सबसे अधिक डेढ़ सौ मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या पन्द्रह हजार के आंकड़े को पार कर गयी है आज सात सौ नौ नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर पन्द्रह हजार उनतालीस हो गयी है सबसे अधिक एक सौ तैंतीस मामले पटना से सामने आये हैं भागलपुर से पचहत्तर नवादा से उनहत्तर जमुई से उनतालीस और गया तथा मुजफ्फरपुर से अड़तीस अड़तीस मामले सामने आये हैं सारण से सत्ताईस समस्तीपुर से चौबीस गोपालगंज से तेईस सहरसा से बीस बेगूसराय से उन्नीस पूर्णियां से अठारह वैशाली और कटिहार से सत्रह सत्रह तथा सीवान से सोलह मामलों की पुष्टि हुई है इसी तरह मुंगेर से पन्द्रह खगड़िया और सुपौल से बारह बारह मधेपुरा और पूर्वी चम्पारण से ग्यारह ग्यारह मधुबनी से नौ बांका जहानाबाद लखीसराय भोजपुर तथा बक्सर से सात सात नालंदा से छह तथा शेखपुरा अररिया और अरवल से पांच पांच मामले सामने आये हैं रोहतास से चार कैमूर से तीन शिवहर से दो तथा दरभंगा से एक पॉजिटिव मामला पाया गया है इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोविड उन्नीस संक्रमण से अब तक एक सौ उन्नीस लोगों की मौत हो चुकी है वहीं दस हजार दो सौ इक्यावन लोगों को उपचार बाद छुट्टी दी जा चुकी है रोहतास जिले में डेहरी निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक सत्यनारायण यादव को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है मामले की पुष्टि के बाद विधायक को आइसोलेशन में रखा गया है विधायक के कर्मचारियों और उनके सहयोगियों का भी सैम्पल जांच के लिए भेजा गया है बिहार में उन्नीस ज्रलाई से रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना संक्रमण की जांच होगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलों के सिविल सर्जन को निर्देश दे दिया गया है उन्होंने बताया कि आईसीएमआर के माध्यम से जल्द ही किट उपलब्ध कराया जायेगा श्री कुमावत ने बताया कि इस टेस्ट के माध्यम से पन्द्रह मिनट से तीस मिनट के भीतर जांच रिपोर्ट आ जायेगी देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना के सबसे अधिक सत्ताईस हजार एक सौ चौदह नए मामले सामने आए हैं संक्रमित व्यक्तियों की संख्या आठ लाख बीस हजार नौ सौ सोलह हो गई है वहीं अब तक पांच लाख पन्द्रह हजार तीन सौ छियासी व्यक्ति इस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर बढ़कर बासठ दशमलव सात आठ प्रतिशत पर पहुंच गई पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ उन्नीस लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है अब तक देशभर में बाईस हजार एक सौ तेईस लोगों की मौत हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड उन्नीस से उत्पन्न स्थिति की आज समीक्षा की उन्होंने देश के विभिन्न भागों की स्थिति और विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया श्री मोदी ने सार्वजनिक स्थलों पर व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि कोविड उन्नीस के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने और इसके संक्रमण का प्रसार रोकने के प्रयास निरंतर किए जाने चाहिए प्रधानमंत्री ने यह बात दोहराई कि इस बारे में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए उन्होंने दिल्ली में महामारी की स्थिति पर नियंत्रण करने में केंद्र राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों के प्रयासों की सराहना की कोविड उन्नीस के बारे में आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर मधुर यादव ने लोगों को सलाह दी है कि वे काम पर बाहर जाते समय सांस लेने से संबंधित सभी सुरक्षित उपायों का पालन करें

हम बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे

ये सारी वों है हमलोग पहले भी कर रहे थे अब थोड़ा ज्यादा करना है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक जरूरत न हो घर से बाहर न निकलें एम्स के डॉक्टर राकेश गर्ग ने कहा है कि कोविड उन्नीस का संक्रमण किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो यात्रा करके आया हो या जो किसी संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आया हो

अगर उसकी कुछ ऐसी जगह से ट्रेवल की हिस्ट्री है जहां पर पॉजिटिव केसस थे अंडमिक एरिया था या फिर उनका ऐसा कॉनटेक्ट हुआ किसी पेसन्ट से जो ऑलरेडी पॉजिटिव था या सस्पेक्ट था या फिर ऐसे पेसन्ट की जो देखभाल कर रहा है जो कि पॉजिटिव है या सस्पेक्ट है

प्रदेश के पांच जिलों नालंदा वैशाली बेगूसराय जमुई और गोपालगंज में आज फिर से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है कोविड उन्नीस के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह फैसला किया गया है

नालंदा वैशाली और बेगूसराय में छह दिनों के लिए लॉकडाउन लागू होगा जबकि जमुई में यह अवधि पांच दिन की होगी गोपालगंज के चार ब्लॉक में अठारह जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा इधर अररिया जिले में कल से उन्नीस जुलाई तक और सहरसा नगर परिषद क्षेत्र में कल से सोलह जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की गयी है वहीं जहानाबाद में तेरह से सत्रह जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा गया टाउन सहित नगर पंचायत और शहरी इलाकों में कल से अगले आदेश तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि लॉकडाउन का पूरी सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जगह जगह दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गयी है आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद हैं सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा गया है प्रदेश में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चलाये गये विशेष अभियान के तहत पांच जुलाई से अब तक ग्यारह लाख आठ हजार रूपये से अधिक की जुर्माने की राशि वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाईस हजार एक सौ चौंसठ लोगों से जुर्माना वसूला गया है वहीं अनलॉक टू के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में लगभग एक करोड़ बानवे लाख रूपये की राशि जूर्माने के रूप में वसूली गयी है छह हजार आठ सौ बासठ वाहन जब्त किये गये हैं जबकि चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और चार प्राथमिकियां भी दर्ज की गयी हैं मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान उत्तर बिहार और नेपाल की तराई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है सुपौल सहरसा मधेप्रा अररिया मधुबनी मुजफ्फरपुर पूर्वी चम्पारण और पश्चिम चम्पारण जिले सबसे अधिक प्रभावित रहेंगे मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि इस दौरान वज्रपात की आशंका बनी हुई है

वहीं सीतामढ़ी जिले के ढ़ेंग ब्रिज में एक सौ तीस और सुपौल जिले के बसुआ में एक सौ बीस मिलीमीटर बारशि दर्ज की गयी है दरभंगा किशनगंज सीवान और मधेपुरा जिले में कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी है प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है लगातार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है सुपौल जिले के बसुआ में नदी खतरे के निशान के आस पास बह रही है इधर वीरपुर बराज से कोसी नदी में पानी छोड़े जाने के बाद भपटियाही किशनपुर प्रखंड और आस पास के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है छतौनी परसाही दुबियाही नउआ बाखर सोनबर्षा परसा टेढ़ी बाजार समेत दर्जनों में गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है इधर सहरसा के नवहट्टा में तटबंधों पर दबाव बना हुआ है स्थिति को देखते हुये जिला प्रशासन ने जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अभियंताओं को अलर्ट पर रखा है वाल्मिकी नगर गंडक बराज से आज सुबह से पौने छह लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है जलस्तर बढ़ने से पश्चिम चम्पारण जिले के पिपरासी मध्रबनी और भितहा प्रखंड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है यहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है इधर बागमती नदी भी पूरे उफान पर है शिवहर में डुब्बा घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर पहुंच गया है जिले के पिपराही प्रखंड के विभिन्न इलाकों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गये हैं इधर प्रखंड के बेलवा नरकटिया गांव के पास शिवहर मोतिहारी मार्ग के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे इस सड़क मार्ग पर यातायात ठप हो गया है सीतामढ़ी जिले में बागमती ढेंग ब्रिज सोना खान कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिले में लाल बकैया और अधवारा समूह की नदियां भी कई स्थानों पर लाल निशान के करीब पहुंच गयी है लखनदेई नदी का पानी खापखोपराहा गांव में प्रवेश का गया है गम्भीर स्थिति को देखते हुये बाढ़ को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है जिलाधिकारी अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सभी नोडल पदाधिकारियों को बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में कैम्प करने का निर्देश दिया है पूर्वी चम्पारण जिले के संग्रामपुर में गंडक नदी का पानी कई इलाकों में फैल गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि कटिहार जिले में महानंदा गंगा कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर जिले में सभी प्रमुख स्थानों पर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है पटना के हाथीदह में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दो मीटर नीचे है इधर बाढ़ के खतरे को देखते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को तटबंध के पास बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिये हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ के दौरान नुकसान कम करने लिए कुछ उपायों की सलाह दी है आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में एन डी एम ए के सदस्य कमल किशोर ने बाढ़ से पहले सतर्कता उपायों के विषय में जानकारी दी

रेडियो टीवी समाचार पत्रों में जो ताजा जानकारी दी जा रही है वार्निंग दी जा रही है उस पर हमेशा अपना ध्यान रखें अपना मोबाइल फोन चार्ज रखें जहां तक हो सके एसएमएस का प्रयोग करें ताकि उसकी बैट्री ज्यादा से ज्यादा समय तक चले अपने पालतू जानवरों को बांध कर न रखें और एक अमरजेंसी किट तैयार करके रखें अपने घर के लिए जिसमें प्राथमिक उपचार की चीजें हों डायरिया की दवा हो जो महत्वपूर्ण कागज है आपके पास एक वाटर प्रुफ थैले में डाल कर संभाल कर रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार छब्बीस ज़ुलाई को आकाशवाणी पर मन बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की सड़सठवीं कड़ी होगी लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आंमत्रित किया गया है

पूर्व मध्य रेलवे ने तेरह जुलाई से टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन को अप और डाउन दोनों में पूरी तरह निरस्त कर दिया है वहीं तेरह जुलाई से पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन गया और रांची के बीच निरस्त रहेगी इस ट्रेन का परिचालन पटना और गया के बीच ही होगा और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमण का आंकड़ा पन्द्रह हजार के पार

जहानाबाद गया और सहरसा में लॉकडाउन के फैसले के बाद बाईस जिलों में पूर्णबंदी की घोषणा की गयी

पश्चिम चम्पारण के चनपटिया में सबसे अधिक डेढ़ सौ मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गयी